किसानों असंगठित क्षेत्र और मध्य वर्ग के लिए कई उपायों की घोषणा

करदाताओं को आमदनी पर आयकर में पांच लाख रूपये तक की छूट

उन्होंने कहा कि देश दो हजार बाईस तक नये भारत के निर्माण का सपना साकार करने की दिशा में बढ़ रहा है

दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले लघू और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से छह हजार रूपये प्रतिवर्ष दिये जायेंगे इस योजना को पिछले साल पहली दिसम्बर से लागू किया जा रहा है श्री गोयल ने कहा कि यह राशि एक साल के भीतर तीन किस्तों में दी जायेगी और प्रत्येक किस्त की राशि दो हजार रूपये होगी वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अंतर्गत पहली किस्त का भुगतान इस साल मार्च के अंत तक कर दिया जायेगा

साथ ही प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को ब्याज में दो प्रतिशत की छूट दी जायेगी इसके अलावा फसल ऋण का समय से भुगतान करने पर ब्याज दर में तीन प्रतिशत छूट का भी प्रावधान किया गया है बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की घोषणा की गई है इसके अंतर्गत साठ वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को तीन हजार रूपये मासिक पेंशन प्रदान की जायेगी इस योजना से असंगठित क्षेत्र के दस करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा साथ ही इक्कीस हजार रुपये न्यूनतम मासिक आमदनी वाले मजदूरों के लिए सात हजार रूपये बोनस की घोषणा की गयी है इसके अलावा जिन लोगों को ईपीएफ कटता है उन्हें छह लाख रूपये तक की बीमा का लाभ भी मिलेगा वित्त मंत्री श्री गोयल ने कहा कि व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर से कर छूट की सीमा ढ़ाई लाख रूपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गयी है वहीं मानक कटौती भी बढ़ाकर चालीस हजार रूपये से पचास हजार रुपये की गई है आयकर की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है ग्रेच्युटी की सीमा दस लाख रुपये से बढ़ाकर बीस लाख रुपये कर दी गयी है

इसके अलावा किराये में भी स्रोत पर कर कटौती एक लाख अस्सी हजार से बढ़ाकर दो लाख चालीस हजार रूपये करने का प्रस्ताव है वहीं अब दो मकानों के स्वामित्व पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा साथ ही यदि एक घर की बिक्री से हासिल हुई राशि से कोई व्यक्ति दो घर भी खरीद लेते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा श्री गोयल ने कहा कि प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार किया जाएगा आयकर रिटर्न की चौबीस घंटे के भीतर जांच और तत्काल रिफंड होगी केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अब नब्बे प्रतिशत व्यापारी त्रैमासिक जी एस टी रिटर्न भर सकेंगे छोटे और मझोले उद्यमों को एक करोड़ रुपये तक के ऋण पर दो प्रतिशत की ब्याज छूट मिलेगी बजट में मकान खरीदने वालों पर जी एस टी का बोझ कम करने के बारे में विचार के लिए मंत्रियों का समूह गठित करने की घोषणा की गयी है बजट में स्वास्थ्य देखभाल मनरेगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित कार्यक्रमों के खर्च में भारी बढ़ोतरी की गयी है गायों में जेनेटिक सुधार के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की घोषणा की गई है साथ ही राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन बढ़ाकर सात सौ पचास करोड़ रुपये कर दी गयी है बजट में मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए अलग विभाग के गठन का प्रस्ताव किया गया है देश में बिजली कनेक्शन चाहने वाले सभी परिवारों को अगले महीने तक बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे पहली बार देश के रक्षा बजट के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के बाद तीन लाख अड़तीस हजार फर्जी कंपनियां बंद की गयी उन्होंने बताया कि कालेधन के खिलाफ उठाये गये कदमों से एक दशमलव तीन लाख करोड़ रुपये की अघोषित आय कर के दायरे में आ गयी है उज्ज्वला योजना के तहत आठ करोड़ रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ योजना की घोषणा की गयी है जिसके तहत महिलाओं को छब्बीस सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जायेगा केन्द्र सरकार ने रेलवे के लिए पैंसठ हजार करोड़ रुपये का बजट में आवंटन किया है रेल किराये में कोई बढोत्तरी नहीं की गयी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट को समावेशी विकास की दिशा में ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे समाज के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित होगा श्री मोदी ने कहा कि बजट में किसानों मजदूरों महिलाओं और आम मध्यम वर्ग के हितों पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है

उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजद्रों और मध्यम वर्ग के लिए कर में छूट जैसी घोषणा की भी प्रशंसा की केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान रविशंकर प्रसाद राधामोहन सिंह अश्विनी कुमार चौबे गिरिराज सिंह आर के सिंह और रामकृपाल यादव समेत अनेक केन्द्रीय मंत्रियों ने बजट की प्रशंसा करते हुए इसे प्रगतिशील उचित दृष्टिकोण वाला और गतिशील बजट बताया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को सकारात्मक बताते हुए कहा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी उन्होंने किसानों और मजदूरों के लिए बजट में उठाये गये कदमों को ऐतिहासिक बताया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस बजट को सर्जिकल स्ट्राइक की संज्ञा दी है उन्होंने कहा कि बजट में एक साथ समाज के सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा गया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने बजट को प्रगतिशील और लोक कल्याणकारी बताते हुए कहा कि इस बजट से साबित होता है कि किसान और मजदूर के साथ साथ देश का मध्यम वर्ग सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है कांग्रेस राजद और रालोसपा ने इसे चुनावी बजट बताते हुए कहा कि किसानों और युवाओं के लिए बजट में कुछ भी नया नहीं है इससे गरीबों को कोई लाभ नहीं होगा राज्य सरकार ने सात जिलों के जिलाधिकारी का तबादला कर दिया है हिमांशु शर्मा को किशनगंज त्याग राजन को दरभंगा राजेश मीणा को मुंगेर योगेन्द्र सिंह को नालंदा बैद्यनाथ यादव को अररिया इनायत खान को शेखपुरा और महेन्द्र क्रमार को सूपौल का जिलाधिकारी बनाया गया है इसके साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चन्द्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय में अपर सचिव और आनंद शर्मा को पर्यटन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के महासचिव जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गये श्री गुप्ता ने दावा किया कि इसबार तीन फरवरी को पटना में होने वाली जन आकांक्षा रैली ऐतिहासिक होगी

किसानों असंगठित क्षेत्र और मध्य वर्ग के लिए कई उपायों की घोषणा

करदाताओं को आमदनी पर आयकर में पांच लाख रूपये तक की छूट